उन्होंने कहा कि एमएसएमई करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है वे आज नई दिल्ली में सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्यमों को मजबूती प्रदान करने के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आर्थिक सुधारों के बाद व्यापार करना और आसान हुआ है कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय मंत्री इन जिलों का दौरा कर सरकार और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दी जाने वाली विभिन्न सुविघाओं से उद्यमियों को अवगत कराएंगे

राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने जयपुर के गोविन्द देव जी मंदिर से अभियान की शुरूआत की इसके साथ प्रदेश के सभी बूथों से भी अभियान की शुरूआत हुई श्री जावडेकर ने बताया कि तीन दिन चलने वाले इस महासम्पर्क अभियान के तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता प्रदेशमर में घर घर जाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगें वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज झालावाड जिले के रायपुर और पिड़ावा में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया और लोगों से मुलाकात की उन्होंने ऑगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को बहमत से जिताने के लिए कार्यकर्ताओं से जूट जाने का आहवान किया उदयपुर से राज्य के गुलाबचंद कटारिया ने इस अभियान की शुरूआत की जबकि बीकानेर से केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस अभियान की शुरूआतकी इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि हर घर भाजपा घर घर भाजपा के मकसद के साथ इस अभियान की शुरूआत की गई है

आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री पूनिया ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जिन लोगों को फायदा हुआ है पार्टी कार्यकर्ता उनसे सम्पर्क कर रहे हैं

आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने मोबाइल के जरिये अपना सुझाव देकर इसकी शुरुआत की

उन्होंने कहा कि जनता मन बना चुकी है और आने वाला समय जनता का है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज स्पष्ट किया कि विघानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची दीपावली बाद जारी करेगी उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मियो को ऐसी अटकलों पर विराम लगाना चाहिए दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता सतीश पूनिया ने स्पष्ट किया कि टिकट मिलने और टिकट कटने का फैसला दीपावली बाद होगा

इस बीच आज निवाई से कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर पार्टी कार्यालय पर भारी हंगामा हुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक गुट जहां प्रशांत बैरवा के समर्थन में नारेबाजी कर रहा था तो दूसरा गूट श्री बैरवा का विरोध कर रहा था दोनों गुटों के बीच खासी झड़प हुई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा इस दौरान पीसीसी मुख्यालय के बाहर जाम की स्थिति बन गई और पुलिस को बैरीकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को रोकना पड़ा

आज उदयपुर में संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में श्री सक्सैना ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रलोभन देकर मतदान करवाने या भय का माहौल बनाकर मतदान को रोकने की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी रखें उन्होंने चुनाव प्रकिया के दौरान आदर्श आचारसंहिता की पूरी पालना सुनिश्चित करने की बात कही श्री सक्सैना ने कहा कि मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों को मतदान दिवस तक लगातार जारी रखा जाए श्री सक्सैना ने कहा कि सी विजिल एप पर प्राप्त होने वाली चुनाव संबंधी शिकायतों का तुरंत निस्तारण होना चाहिए

झालावाड में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि वे लोगों से जन सम्पर्क कर अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर सकें उधर प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने विभिन्न बैंक प्रतिनिधियो से कहा कि वे स्वयं मतदान करें और स्टॉफ तथा परिवारजनों से भी मतदान करने की अपील करें

एयर चीफ मार्शल धनोआ ने पश्चिम वायु सेना कमान के स्टेशन कमांडरों के दो दिन के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए संचालन संबंधी संरचनाओं के विकास और उन्हें तैयार रखने पर जोर दिया उन्होंने वायु सेनाकर्भियों को नयी तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कहा उन्होंने कहा कि भविष्य के सभी अभियानों में पश्चिम वायु ्सेना कमान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी

आरोपी थाना प्रभारी ने शराब ठेकेदार से महीना वसूली के रूप में ये राशि ली थी टीम ने थाना प्रभारी के घर पर भी तलाशी ली है

इसके अलावा हृदय और मध्रमेह रोगों के बचाव और उपचार को लेकर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया

अलवर जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल के ट्रक की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया

सभी को जिला अस्पताल में बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है